मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश प्रगति के पथ पर है और लोगों को विकास योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मिल रहा है उन्होंने कहा कि दो महीने के भीतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद यहां से दिल्ली की यात्रा मात्र पांच घंटे की हो जायेगी श्रो योगी आज चित्रकूट में लगभग पौने दो सौ करोड़ रूपये की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर एक कार्यकम को संबोधित कर रहे थे

श्री योगी ने कहा कि चित्रकूट का प्रयागराज की तर्ज पर विकास किया जायेगा यहां बिजली पानी और अन्य आधारभूत सुविधाओं की भरपूर व्यवस्था की जायेगी इससे पूर्व आज सुबह मुख्यंत्री ने सोनभद्र जनपद में उम्भा गांव का दौरा कर यहां पिछले दिनों नरसंहार के पीड़ित परिवारों का आवास पेंशन और भूमि के पट्टे वितरित किये इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग तीन सौ चालीस करोड़ रूपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को जनपद के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इन्होंने आदिवासियों के नाम पर राजनीति की है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पचास वर्ष से ज्यादा कार्यकाल के दौरान कभी भी आदिवासियों की सुध नहीं ली

यहां पर लाभार्थियों को जो लगातार अपने हक के लिए लड़ते रहे इनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया जो मालिक था उसे बंधुआ मजदूर बना करके रखने का कार्य पाप किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस के पाप का परिमार्जन करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आये हैं कि कांग्रेस ने भले ही पाप किया होगा लेकिन पाप का परिमार्जन करने के साथ ही यहां के गरीबों यहां के परिसाथियों और यहां के नागरिकों को उनका हक देने के लिए आज मैं स्वयं मोदी जी के आदेश पर आपके बीच में यहां पर आया हूँ

एक टवीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने लोगों को माई गॉव ओपन फोरम या नमो ऐप पर अपने विचार भेजने के लिए आमंत्रित किया है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूनेस्को द्वारा घोषित अगोचर विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यह कार्यक्रम बड़ी संख्या में स्थानीय और विदेशी दर्शकों को आकर्षित करता है बाइट दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाली भारत की रामनगर की ऐतिहासिक रामलीला की शुरुआत कल रावण के जन्म और रामबाग पोखरा पर क्षीर सागर की झांकी के साथ शुरु हुई

सैकड़ो की तादाद में नियमित दर्शक जिन्हें नेमि भी कहा जाता है पूरी रामलीला के दौरान रामचरित मानस का पाठ करते रहते हैं सुशील चंद तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मेरठ में सीबीआई ने केन्द्रीय जीएसटी कार्यालय पर छापा मारकर एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया प्राप्त जानकारी के अनुसार हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के एक ठेकेदार ने ऑडिट अधीक्षक विकास चौधरी के विरूद्ध आठ लाख रूपये रिश्वत मांगने की शिकायत सीबीआई कार्यालय में दर्ज करायी थी जिसके बाद सीबीआई ने योजना बना कर ऑडिट अधीक्षक विकास चौधरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया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

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने देश में अब तक आठ हजार शिविरों का आयोजन कर लगभग तेरह लाख दिव्यांगजनों को सशक्त और स्वावलंबी बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है

इस अवसर पर श्री गहलोत ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा बारह सौ तिरसठ दिव्यांग कैम्प उत्तर प्रदेश में आयोजित किये गये

इस अवसर पर उन्होंने एक हजार चौहत्तर लाभार्थियों को लगभग एक करोड़ रूपये की कीमत के सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की दिव्यांगों के लिए बनायी गई योजनाओं से दिव्यांगजनों को काफी लाभ मिल रहा है

श्री गहलोत ने घोषणा की कि हरदोई में दीनदयाल पुनर्वास केन्द्र का विस्तारीकरण जिला प्रशासन से भूमि प्राप्त करके किया जायेगा इस केन्द्र में उपकरणों के निर्माण के साथ उनकी मरम्मत का भी कार्य संभव हो सकेगा उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों में ढील देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की केन्द्र सरकार की याचिका को आज तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने आदेश दिया कि यह मामला सुनवाई के लिए अगले सप्ताह तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाये मई में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि देश में कानून समान होने के साथ किसी जाति के साथ भेदभाव नहीं हाना चाहिए

केन्द्र और प्रदेश सरकार देश से कुपोषण दूर करने के लिए कटिबद्ध हैं इस दिशा में सरकारी प्रयासों के साथ साथ गैर सरकारी संगठन कुपोषण से छुटकारा पाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कौशाम्बी जनपद में यमुना तराई क्षेत्र में गरीबी और अशिक्षा के कारण गर्भावस्था से ही महिलाओं में खान पान का रख रखाव और जागरूकता न होने के कारण बच्चे कुपोषित जन्म ले रहे हैं